प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में पात्र पंजीकृत किसानों के सत्यापित बैंक खातों में आज प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशगाबाद के पिपरिया में आयोजित किसान महासम्मेलन में जिले के पात्र पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में वन क्लिक के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर करेंगे इसी दिन सभी जिलों में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे यह प्रोत्साहन राशि प्याज लहसुन चना मसूर सरसों ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल के लिये दी जाएगी राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल राजगढ़ जिले में आयोजित अभ्युदय संवाद कार्यक्रम में कहा कि रोगी की सेवा सर्वोपरी है क्योंकि मानव सेवा इसमें समाहित है जिला प्रशासन रेडक्रास अशासकीय संगठन स्वास्थ्य और क्षय रोग से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक में राज्यपाल ने कहा कि क्पोषित बच्चों को गोद लेकर उनकी देख रेख उपचार और भोजन आदि कार्य सराहनीय हैं

नर्मदा लिंक परियोजना लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर जिले के देपालपुर में मालवांचल की महत्वाकांक्षी नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण किया

श्रीमती महाजन ने लोकार्पण समारोह के अवसर पर कृषक संवाद कार्यक्रम में कहा कि मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो अभियान अटल जी के सपनों की पूर्ति का ही हिस्सा है वहीं श्री चौहान ने माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए कहा कि नर्मदा और गंभीर के इस मिलन से परियोजना क्षेत्र के किसानों की जिंदगी में सुखद बदलाव आयेगा

श्रीमती महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को इंदौर से हरी झंडी दिखाई उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू के स्टेशन के विस्तार कार्य का भी शिलान्यास किया

इस दौरान सरकारी शालाओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

इसके साथ ही इसी दिन स्वच्छता पर केन्द्रित अनेक कार्यक्रम भी होंगे

इनमें से लगभग पांच लाख मतदाता आयोग के डोर ट्र डोर अभियान के बाद जोड़े गए हैं दिव्यांग वोटरों की संख्या लगभग साढ़े चार लाख है

आज श्री चौहान पिपरिया शोभापुर सोहागपुर सेमरी बाबई तवापुल और इटारसी में सभाएं लेंगे

वे इसी दिन सागर के साथ टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में भी सभाएं संबोधित करेंगे

शिक्षक प्रशिक्षण राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज भोपाल के समन्वय भवन में निजी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा विद्यालय की आधारभूत संरचना स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों और प्रबंधन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है इस कार्यशाला में बच्चों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न विभागों जैसे परिवहन खेल शिक्षा पुलिस श्रम द्वारा नियमावली तैयार की गई है

आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केन्द्रित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन के शिवपुरी जिले में भी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं

आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण शाम साढ़े चार बजे से हिन्दी और अंग्रेजी में किया जाएगा रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम रिकॉर्ड सातवीं बार जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी

अब ये संस्था संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग के अधीन संचालित की जायेगी